राजस्थान ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक शौचालय के निर्माण में तीसरा स्थान हासिल किया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

प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान की मॉनिटरिंग और समन्वय के लिए तीन स्तरीय प्रणाली तैयार की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इस बारे में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी इस प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति राज्य टास्क फोर्स तथा जिला स्तर पर अभियान के संचालन के लिए जिला टास्क फोर्स गठित की गई है राज्य स्टीयरिंग कमेटी टीकाकरण से संबंधित अभियान के लिए संसाधनों की उपलब्धता की योजना बनाएगी और उसे क्रियान्वित करेगी राज्य टास्क फोर्स अभियान से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की क्रियान्विति मॉनिटरिंग और इसके लिए रणनीति में आवश्यकतानुसार बदलाव के लिए सुझाव देगी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड से निपटने और प्रबंधन की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए थे श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि बेहतर परिणामों के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति तथा राज्य और जिला स्तरीय कार्यबल की नियमित निगरानी की जाए प्रदेश में कोरोना संकभितों का आंकड़ा ढाई लाख के पार पहुंच गया है

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के बीरमाना गांव से हमारे श्रोता मुखराम शर्मा ने हमें एक कविता लिखकर भेजी है गांव हो या शहर पग पग डगर डगर चले एक ही लहर मास्क लगाना बनेगी आदत कोरोना से होगी सबकी हिफाजत मास्क के लगा के बात करना हाथ जोड़कर नमस्ते करना ये दिनचर्या अपनाएंगे कोरोना को सबक सिखाएंगे आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरुकता आंदोलन से जूड सकते हैं

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का आज सुबह निधन हो गया

वे करीब एक महीने पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान ने देश में सामुदायिक शौचालय के निर्माण में तीसरा स्थान हासिल किया है एक वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल यह पुरस्कार राज्य को दिया लॉकडाउन के दौरान वापस आए प्रवासी राजस्थानियों को रोजगार और स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है

इससे ग्रामीणों को साफ सुथरा माहौल मिलने के साथ ही खेती के लिए प्राकृतिक खाद भी भिलेगी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति सभिति की बैठक अधिकारियों को निर्देश दिए

इस बार सम्मेलन का विष है विघायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्द्रपूर्ण समन्वय गतिशील लोकतंत्र की कुंजी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे

प्रदेश में कुछ स्थानों पर तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर बना हुआ है

आज देव उत्थान एकादशी है